प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली संय्कत प्रगतिशील गठबंधन की सरकारें आज़ादी के बाद ज्यादातार समय तक सता में रहने के बावजूद गांवों में विद्य्तीकरण करने में नाकाम रही एक वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के लाभपात्रियों से संवाद के दौरान श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार न केवल गांवों विदयुतीकरण किया है बल्कि इसके वितरण में पूरे देश में सुधार किया गया है

उन्होंने कहा कि उस समय सत्ताधारी पार्टी की अध्यक्षा ने तो प्रत्येक घर में बिजली पहंचाने का वादा किया था

उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सरकार देश के सभी अंधेरे कोनों तक पहंचने के लिए प्रयासरत है हरियाणा सरकार ने चिन्हित अपराध योजना शुरू करने का फैसला किया है जिसके तहत जघन्य अपराधों को चिन्हित करने के लिए जिला और राज्य स्तरीय समितियों को गठन किया जायेगा आज चंडीगढ़ में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि म्ख्यमंत्री ने योजना श्रू करने की स्वीकृति दे दी है उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधों से तेजी से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकेंगे प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता अतिरिक्त म्ख्य सचिव और जिला स्तरीय कमेटियों की अध्यक्षता उपाय्क्त करेंगे

इसी प्रकार अम्बाला और करनाल की सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी फोर्टिफाइड चक्की आटा की आपूर्ति की जाएगी

स्कूल शिक्षा विभाग को केवल हैफेड के रिटेल स्टोर से ही खाद्य तेल को खरीदना अनिवार्य होगा

आज पंचक्ला की विशेष सीबीआई अदालत में मानेसर जमीन घोटाला मामले में स्नवाई हई स्नवाई में पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हड्डा सहित सभी आरोपी अदालत में पेश हए बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि आरोप पत्र की पड़ताल जारी है और आरोपी पक्ष ने सीबीआई से आरोप पत्र से ज्ड़े दस्तावेज मांगे है

करोड़ो रुपये के इस भूमि घोटाले से सम्बधित जमीन तीन गांवों की है गांव के किसानों ने ग्रूग्राम के मानेसर प्लिस थाने में यह मामला दर्ज करवाया था

एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सरकार को इसका पता चला वकील हेमन्त क्मार द्वारा विधानसभा के राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी को दायर याचिकापर उन्होंने कहा कि आरटीआई की धारा के तहत दो करोड़ सत्तासी लाख रूपये विधायकों दवारा अदा किया जाना था

आज चंडीगढ़ मे बोर्ड आफ डायरेक्टर की चंडीगढ़ में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड के नियमान्सार ये भी व्यवस्था की गई है बराबर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को उतना ही ईनाम दिया जायेगा उन्होंने बताया कि अब बोर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत होने मे एक दिन भी शेष रहने पर तरक्की दी जायेगीहरियाणा सचिवालय में भी यह नियम लागू है उसी नियम के तहत बोर्ड भी अपने कर्मचारियों को तरक्की देगा

संवाददाता के अन्सार पंचक्ला दंगा मामले की जांच कर रही एसआईटी अदालत आरोपियों के खिलाफ देश द्रोह और हत्या की धाराओं के पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई जिसके चलते अदालत ने आरोपियों से देश और हत्या की धारा को हटा दिया है हरियाणा कांग्रे के अध्यक्ष अशोक तंवर ने समय से पहले लोकसभा व हरियाणा विधानसभा च्नाव की आशंका जताई उन्होंने कहा कि सरकार इस वर्ष के अंत में मध्यप्रदेश छत्तीस गढ़ व राजस्थान के साथ ही च्नाव की आशंका जताई है उन्होंने कहा कि सरकार इस साल के अत में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ व राजस्थान के साथ ही चूनाव करा सकती है

श्री तंवर आज रोहतक के गढ़ी सांपला में सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही अपनी साईकल यात्रा की श्रूआत के मौके पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रदेश को इनैलो से भी बचाना है उन्होंने इनैलो के जेल भरो आंदोलन पर भी सवाल उठाए

मंत्री ने राज्य सभा में बताया कि इन उद्योगों के पंजीकृत होने से बह्त से उद्यमियों को क्रेडिट गांरटी योजना माईक्रो एंड स्माल एंटरप्राईंसस कलस्टर डिवेलपमेट प्रोग्राम और अन्य योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर मिलता है श्री सिंह ने बताया कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत तीन सौ अठावन उत्पादों को केवल माईक्रो छोटे और मध्यम उदयोगों से ही खरीदने का प्रावधान किया गया है

यम्नानगर परिवहन डिपों के महाप्रबंधक रवीन्द्र पाठक ने बताया कि अभी यमुनानगर से हरिदवार के लिए चार बसे चल रही है श्रावण मास में श्रद्वाल्ओं की तादाद बढ़ जाती है